सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि राज्यों में प्रवासी मजदूरों सहित विभिन्न जगहों पर फंसे लोगों के अंतर राज्यीय आवागमन को सुगम बनाया जाए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 सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन फंसे लोगों को भेजने और बुलाने के लिए नोडल अधिकारी तैनात करने तथा मानक प्रकिया विकसित करने को कहा गया है नोडल अधिकारी अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे लोगों का पंजीकरण भी कराएंगे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

राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजद्रों और छात्रों को वापस लाने की पहल षुरू कर दी है केन्द्र से छूट मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्रवासी लोगों की वापसी के लिए पंद्रह नोडल अधिकारी नियुक्त किये हैं आज इस संबंध में टीम के अधिकारी बैठक करेंगे और प्रवासी लोगों की वापसी के लिए रणनीति बनाई जायेगी इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं ऐसे में दूसरे राज्यो में फंसे प्रवासी मजदूरों विद्यार्थियों और अन्य लोगों को झारखण्ड वापस लाने में केन्द्र सरकार सहयोग करे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

वेंटिलेटर पर केवल शून्य दशमलव तीन तीन प्रतिशत रोगी है जबकि डेढ़ प्रतिशत रोगियों को आक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है दो दशमलव तीन चार प्रतिशत रोगी आईसीयू में हैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे देशभर में उपलब्ध कराई जा रही उत्कृष्ट स्वास्थ्य देखभाल का पता चलता है भारत ने अतीत में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महामारी से निपटर्न में भी सफलता हासिल की है मंत्री ने कहा कि भारत के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमावली में निर्धारित अपेक्षित राष्ट्रीय क्षमताएं हैं

अब तक क्ल एक हजार आठ रोगियों की मृत्यु हई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के सदस्यों के साथ बातचीत की उन्होंने पीएम केयर्स फंड में नौ करोड दस लाख रुपये का योगदान करने पर लॉयंस क्लब के सदस्यों का आभार व्यक्त किया

स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन ने नई दिल्ली में राज्यों और जिलों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस में चर्चा की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

कल नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है

श्री तोमर ने यह जानकारी भी दी कि अनाज की कोई कमी नहीं है और पूर्णबंदी के दौरान दूध तथा सब्जियां भी उपलब्ध रही हैं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

पैब ने राज्य के पारा षिक्षकों के मानदेह के लिए नौ सौ करोड रुपये की स्वीकृति प्रदान की वहीं प्रखंड साधन सेवी और संकल साधन सेवियों के मानदेय बढ़ोतरी से इनकार कर दिया है वहीं राज्य के सभी कस्तूरबा स्कूलों में वोकेषनल विषयों की पढ़ाई षुरू करने की मंजूरी प्रदान कर दी है मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ सुब्रह्मणयम कृष्णमूर्ति ने कहा है कि पूर्णबंदी में ढील देने से आर्थिक स्थिति की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी

विदेशों में फंसे लोगों को लाने में विदेश मंत्रालय ने अच्छा काम किया देश को उत्कृष्ट नेतृत्व मिला और सभी ने मिलकर काम किया प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने बताया कि इस संकट से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभावी संदेश काफी लाभदायक रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की स्थिति पर आज एक आपात बैठक आयोजित करेगा संगठन के महासचिव अधानोम घेब्रेयेसस ने कल ये जानकारी दी

कोरोना संक्रमण को लेकर चल रहे लॉकडाउन के दौरान लातेहार जिला प्रषासन द्वारा जिले में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है इसके मद्देनजर उपायुक्त ने जन वितरण की द्कानों का निरीक्षण भी किया

पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कर्मचारियों के किसी भी भत्ते में कटौती करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है

बोर्ड ने कहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही परीक्षाएं ली जायेंगी बोर्ड ने पहले कहा था कि महामारी को देखते हए परीक्षा के नये कार्यक्रम के बारे में कोई फैसला लेना और घोषणा करना मुश्किल होगा बोर्ड ने यह भी कहा था कि परीक्षा शुरू करने से पहले सभी को दस दिन पहले सूचना दी जाएगी वहीं विष्वविद्यालयों में भी परीक्षाओं के लिए विष्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने दिषा निर्देष जारी कर दिये हैं मानव संसाधन विकास मंत्री रमेष पोखरियाल ने कहा है कि विष्वविद्यालयों में आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जायेगी

वहीं स्काई व अन्य एप से प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी अब संक्षिप्त खबरें साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर लगाये गये लॉक डाउन के दौरान प्रशासनिक कार्य में लापरवाही सहित अन्य आरोपों में बरहेट के प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं बरहेट प्रखंड के नाजिर को उपायुक्त ने निलंबित कर दिया है दोनों पर बीडीओ को कोरोना से निपटने के लिए चलाए जा रहे अभियान में सहयोग नहीं करने के कारण निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय साहिबगंज अनुमंडल कार्यालय निर्धारित किया गया है नोटों के माध्यम से कोरोना से बचाव के लिए गुमला के एक बच्चे ने करेंसी सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया है